जनता की कठिनाई कम करने के लिए कुछ और गतिविधियों की अनुमति दी गई है यह अनुमति ऐसे क्षेत्रों में बीस अप्रैल से लागू होगी जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा घोषित कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर होंगे दो चालकों और एक हेल्पर के साथ समी द्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की भी अनुमति होगी चालक के पास वैध डाइविंग लाइसेंस होना चाहिए बिजली मैकेनिक आईटी रिटर्न भरने में मदद करने वालों प्लंबर मोटर मैकेनिक और बढई जैसे स्व रोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बडी छट दी गई है ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में सेवाए उपलब्ध करा सकेंगे जिन भवन निर्माण स्थलों पर मजद्र उपलब्ध हैं और जहां संबंधित नगर पालिका या नगर निगम के बाहर से मजदूर बुलाने की आवश्यकता नहीं है वहां कार्य शुरू किया जा सकेगा मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है केंद्र राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर बिजली निर्माण संप्रेषण और वितरण का कार्य जारी रहेगा माल परिवहन के लिए बंदरगाहों और कंटेनर डिपो के कार्य भी किये जा सकेंगे प्रसारण डीडीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी काम करने की अनुमति दी गई है कोरोना वायरस के कारण फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाएं दे रहे तथा मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल होम स्टे लॉज और मोटल काम करते रहेंगे केंद्र सरकार उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे पुलिस होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन विमाग और आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन जेल तथा नगर निगम सेवाएं बिना किसी बाधा के काम करेंगी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी को सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा कोरोना कैबिनेट सचिव बैठक केन्द्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आज केन्द्र सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों को निर्बाध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की इस बैठक में छत्तीसंगढ के मुख्य सचिव आरपी मंडल अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साह सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए बैठक में कैबिनट सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी बीस अप्रैल तक इस बात का परीक्षण कर लिया जाए कि कौन कौन से कार्य को सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग करके किए जा सकते हैं मुख्य सचिव श्री मंडल ने कैबिनेट सचिव को बताया कि छत्तीसगढ़ में चार हजार नौ सौ तैंतीस व्यक्तियों के टेस्ट किए गए हैं जिनमें इकतीस व्यक्ति पॉजीटिव तथा चार हजार नौ सौ दो निगेटिव पाए गए उन्होंने बताया कि अट्ठाईस जिलों में से तेईस जिलों में एक भी कोरोना के मरीज नहीं है मुख्य सचिव ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव को बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम और इलाज के लिए पांच सौ बिस्तर के हिसाब से सत्रह सौ सर्व सुविधायुक्त यूनिट तैयार कर ली गई है इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में रैपिड टेस्टिंग किट्स पीपीई और अन्य सामग्री उपलब्ध है कोरोना रेल सेवाएं रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में सभी यात्री रेल सेवाएं पूर्णबंदी के कारण तीन मई तक पूरी तरह रद्द रहेंगी रेल मंत्रालय ने एक टवीट में कहा कि यात्रियों की भीड़ के लिए कोई विशेष रेलगाड़ी चलाने की योजना नहीं है मंत्रालय ने कहा कि सभी लोगों को यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए कोरोना शराब पंजीयन कार्यालय बंद राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी मदिरा दकानें और राज्य वेबरेजेस कॉर्पोरेशन के रायपर बिलासपुर में स्थित गोदामों और जिलों में शराब भंडार गहों को आगामी इक्कीस अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट होटल बार और सभी क्लबों को भी इक्कीस अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी किया है वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के पंजीयन कार्यालयों को भी इक्कीस अप्रैल तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं इसी तरह राजस्व और आपदा प्रबंधन विमाग द्वारा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की पेशी की तारीख इक्कीस अप्रैल या उसके आगे की तिथि निर्घारित करने के निर्देश दिए गए हैं इस बीच सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने राज्यभर में धारा एक सौ चवालीस की अवधि आगामी तीन मई तक बढ़ा दी है रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि रायपुर जिले में भी आगामी आदेश तक घारा एक सौ चवालीस प्रभावशील रखने का आदेश पारित किया गया है आदेश के अनुसार धारा एक सौ चवालीस का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी गेहूं खरीदी सरकारी एजेंसियों ने आज से पूरे देश में गेहूं की खरीदी शुरू कर दी है इस वर्ष बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के बावजूद रबी की रिकॉर्ड उपज हुई है और किसानों को अपने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों की मदद की आवश्यकता है केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से रबी मौसम की गेहूं खरीद शुरू करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा है कोरोना राज्यपाल बातचीत राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपूर के आयुष आईसोलेशन वार्ड में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की इस वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा गया है राज्यपाल ने कहा कि जिस समर्पण और सेवा भावना से कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा की जा रही है उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है उन्होंने कहा कि समी कर्मचारी मरीजों का ख्याल रखने के साथ साथ अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखें सुश्री उइके ने कहा कि चिकित्साकर्भियों की मदद से जल्द ही देश और छत्तीसगढ़ कोरोना से मुक्त हो जाएगा कोरोना राशन कार्ड राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्य के ऐसे पात्र हितग्राही जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए थे उनके राशन कार्ड जल्द बनाए जाने के निर्देश दिए हैं साथ ही परिवार के छूटे हुए सदस्यों का नाम भी राशन कार्डों में जोडने का काम तेजी से किया जा रहा है खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कलेक्टरों से कहा है कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत चलने वाली है राशन कार्ड बनाने के लिए हितग्राहियों से आवेदन मिलने पर तत्काल नियमानुसार राशन कार्ड बनाया जाए उल्लेखनीय है कि खाद्य विभाग द्वारा लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अब तक प्रदेश में उनतीस हजार छह सौ तिरासी नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं और पूर्व से बने राशन कार्डो में छूटे हुए लगभग चवालीस हजार तीन सौ चौरानवे नए सदस्यों के नाम जोड़े जा चुके हैं

बीजापुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंद्रावती नदी को नाव से पार कर अब्झमाड़ के सतवा और बेलनार सहित करीब दर्जनभर गांवों का दौरा किया विकासखंड चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में दस सदस्यीय स्वास्थ्यकर्मियों का यह दल ग्रामीणों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ घर में रहने की सलाह भी दी इस दौरान लगभग दो सौ ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया वहीं बस्तर जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए जाने पर उनका समय पर इलाज सुनिश्चित करने के लिए आज जिला प्रशासन द्वारा लोहंडीगुड़ा दरमा और बस्तर विकासखंड के गांवों में मॉकड़िल किया गया साथ ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाईज भी किया गया उधर राजनादगांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मुख्य सब्जी बाजार को अलग अलग वॉर्डों में लगाया जा रहा है इसी जिले में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है इस बीच राजनांदगांव जिले के चिरचारी राहत कैम्प में फंसे लगभग डेढ़ सौ श्रमिकों को प्रशासन की अनुमति से उनके गंतव्य स्थान को रवाना किया गया इधर जांजगीर चांपा जिले में आज स्काउट गाइड विंग की जिला संगठन आयुक्त सुमन यादव के नेतृत्व में कोरोना वायरस से बचने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया वहीं कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने सब्जी बाजार का निरीक्षण कर सब्जी विक्रेताओं से चर्चा की उन्होंने सब्जी विक्रेताओं को फिजिटल डिस्टेंसिंग का पालन करने बार बार हाथ धोने और मास्क लगाए रखने के निर्देश दिए बालोद नगर पालिका द्वारा बाजार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है अध्यक्ष ने बताया कि जिले में लगातार सब्जी बाजार को लेकर अव्यवस्था की बात सामने आ रही थी जिसके कारण बाजार को बंद किया गया है उन्होंने बताया कि व्यवस्थित रूप से सब्जी बाजार लगाने का प्रयास किया जा रहा है उधर बिलासपुर जिले के अरपा तट पर स्थित ग्राम खरगहनी चांदापारा में अवैध शराब की शिकायत मिलने पर छापा मारने गई आबकारी टीम के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की

शिकायत के बाद कोटा थाने में अपराध दर्ज किया गया है इसी जिले में लॉकडाउन के दौरान बिल्हा नगर पंचायत के एक पार्षद का अपने मित्रों के साथ पार्टी मनाने का एक वीडियो वायरल होने की शिकायत के बाद पुलिस ने पार्षद के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है वहीं धमतरी जिले के नगरी में तीन लोगों को अवैध पान मसाला जर्दायुक्त गुटखा और सिगरेट तम्बाकू बेचने और खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है इनके पास से करीब सतयासी हजार रूपये जब्त किया गए हैं इधर रायगढ़ कलेक्टर ने जिले में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर जिन मरीजों को क्वारेंटाइन किया है और जिन मरीजों को संदिग्ध ठहराया गया है उन्हें आवश्यक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं साथ ही इस कार्य में लगे डॉक्टर और अन्य लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं केन्द्र मनरेगा योजना पूर्णबंदी के दौरान ग्रामीणों को उनके गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा काफी मददगार साबित हो रही है छत्तीसगढ में अनेक ग्राम पंचायतें ग्रामीणों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए मनरेगा के तहत निर्माण कार्य चला रही है

लॉकडाउन के इस चुनौतीपूर्ण समय में यह राशि किसानों के लिए कुछ राहत लेकर आई है जांजगीर चांपा जिले में लखोली गांव के किसान रामप्रकाश केशरवानी ने इसके लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है

श्री बघेल ने जल संसाधन विमाग को निर्देशित किया है कि वर्तमान में दिन प्रतिदिन तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है कई ग्रामीण क्षेत्रों में निस्तार के लिए तालाबों में पानी की कमी हो रही है प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जलाशयों से तालाबों में पानी छोड़ने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए उन्होंने अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं कि जल प्रदाय के दौरान पानी का व्यर्थ अपव्यय न हो साथ ही कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी सावधानियों और सुरक्षा निर्देशों का पालन किया जाए वीडियो लेक्चर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दर्ग के कल सचिव डॉक्टर सीएल देवांगन ने विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों के प्राचार्यों प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों से अपील की है कि वे मौलिक वीडियो लेक्चर तैयार करें डॉक्टर देवांगन ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की इस विषम परिस्थिति में प्राध्यापकगण लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए अपने अपने घरों में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठयक्रमों से संबंधित मौलिक वीडियो लेक्चर तैयार करें यह वीडियो लेक्चर पारंपरिक कक्षाओं के संचालन न होने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए ई रिसोर्स के रूप में अत्यंत लाभदायक साबित होंगे पीलिया शिविर राजधानी रायपुर में पीलिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज दलदल सिवनी चंगोराभाटा अटारी मंगल बाजार मठपूरैना और शिव नगर में पीलिया की जांच और इलाज के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया